हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले क एक ऐतिहासिक फैसला बताया हरियाणा प्लिस ने ई सिगरेट के उपयोग पर अंक्श लगाने के लिए महीने भर का अभियान आज से श्रू किया हरियाणा की मंडियो में अबतक साढ़े छियासठ लाख टन धान की खरीद की जा चुकी है

केन्द्र सरकार ने टीवी चैनल और केवल ऑपरेटरों को निर्देश दिये है कि वे अपने वाद विवाद के कार्यक्रम और रिपोर्टिंग के दौरान कार्यक्रम के जाब्ता म्ताबिक ही कार्य करें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ये निर्देश आयोध्या मामले मे आये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के सम्बध मे जारी किये है मंत्रालय ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम में किसी भी धर्म बिरादरी और सप्प्रदाय के विरूदव ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वोच्च न्यायालय दवारा राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद के फैसले का ऐतिहासिक फैसला बताते हये कहा कि ये इस समस्या का स्थाई हल है मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बड़े विषय पर ऐतिहासिक निर्णय लिया है और प्रत्येक नागरिक इस फैसले से संत्ष्ठ है श्रीमनोहर लाल ने कहा कि राज्य में शांति कमेटियों प्रशासन और प्लिस हर समय शांति बहाल रखने और कानून व्यवसथा बनाये रखने पर कार्य कर रही है आयोध्या राम जन्म भूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को एक संत्रलित निर्णय बताते हये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने कहा कि अब दोनों समुदाय के लोगों को बराबर का हक मिलेगा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय ने दोनों धर्मो के लोगों के साथ न्याय करते ह्ये बराबरी का सुबूत दिया है इससे पता चलता है कि देश में सामाजिक भाईचारा मज़बूत और जुड़ा हुआ है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साप्तहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का कल होने वाले प्रसारण में चर्चा का विषय हगा आज का भारत और ग्रू नानक देव की शिक्षाओं का महत्व ये कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल व अन्य मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे सुना जा सकेगा

आज देशभर में हजरत मोहम्मद का जन्म दिन ईद मिलाद उन नवी हर्षोल्लास से मनाया गया इस अवसर प ईद जसूल की निकाले गये राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर लोगों को बधाई दी

प्लिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में ई सिगरेट के उत्पादन निर्माण आयात निर्यात परिवहन बिक्री वितरण भंडारण और विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अध्यादेश जारी किया है प्लिस महानिदेशक ने कहा कि सभी प्लिस आयुक्तों और जिला प्लिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में अध्यादेश के प्रावधानों को सख्ती से लागू करवाना स्निश्चित करें स्कूलों कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह के प्रतिबंधित उत्पादों के उपयोग को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी श्री यादव ने कहा कि इस संबंध में तलाशी जब्ती व जांच करने के लिए कम से कम प्लिस सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को अधिकृत किया गया है ग्रू नानक देव जी के प्रकाशत्सव पर आज अम्बाला में अनेक स्थानों पर नगर कीर्तन आयोजित किय गया हज़ारों की संख्या में श्रद्वालुओं ने नगर कीर्तन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया

यमुनानगर जिले के बिलासपुर में पांच दिवसीय पवित्र कपाल मोचन मेले में आज तीसरे दिन तक साढ़े चार लाख श्रद्वालुओं ने भाग लिया हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर किसानों व पश् पालकों दवारा पश् मंडी भी लगाई गई और सामूहिक विवाह भी कराए जा रहे है परसों पूर्णिमा पर समाप्त होने वाला ये धार्मिक उत्सव हरियाणा में बहत प्रचलित है और इसमे पंजाब व अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्वाल् भी हिस्सा लेते है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह ह्डडा के भाई धर्मेद्र के निधान पर शोक व्यक्त है वे आज दोपहर बाद रोहतक पहुंचे और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की भाजपा प्रदेधाध्यक्ष सुभाष बराला व पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर भी उनके साथ थे गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री के भाई का निधन चार दिन पहले हआ था हरियाणा की मंडियो में अब तक साढ़े छियासठ लाख टन से अधिक धानक की आवक हई है खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों दवारा बासठ लाख टन से अधिक और मिलरों व डीलरों दवारा साढ़े चार लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई है उन्होंने बताया कि कुल आवक में से खादय नागरिक आपूर्ति विभाग ने साढ़े तेंतीस लाख टन से अधिक हैफेड ने साढ़े उन्नीस लाख के करीब हरियाणा भंडारण निगम ने नौ लाख टन और भारतीय खादय निगम ने केवल चार हजार पांच सौ बहतर टन धान की खरीद की जिला करनाल में सर्वाधिक पौने सत्रह लाख टन अधिक जिला क्रूक्षेत्र में साढ़े ग्यारह लाख टन धान की आवक हई

इस क्रिकेट प्रतियोगिता में नेपाल संय्क्त अरब अमीरात और छ राज्यों कर्नाटक बिहार दिल्ली पंजाब चंडीगढ़ और हरियाणा से आठ टीमें हिस्सा लेंगी महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह क्रिकेट ट्राफी का अनावरण आज केन्द्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया ने कालका में किया

मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश डी के मित्तल ने विजेता टीमों व खिलाडियों को प्रस्कार वितरित किये फ्टबाल प्रतियोगिता में झज्जर ने प्रथम स्थान हासिल किया जबकि लड़कियों की फ्टबाल मुकाबले में भिवानी टीम प्रथम रही इस खेल महा कुंभ में सैंकड़ो खिलाडिया थ ने फ्टबाल के अलावा अन्य प्रतिस्रप्धाओं में भी भाग लिया